आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

स्टार्ट अप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में स्टार्ट अप वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और कानूनी सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं एक समाचार वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि स्टार्ट अप वातावरण के संदर्भ में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और नवाचार ने आज देश को दुनिया में शीर्ष पर बैठा दिया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन जिला के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे नालागढ़ उप मंडल के बददी में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेंगे

राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाक्र समारोह में मौजूद रहें इस दौरान सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए

समारोह में ऊना के सांस्कृतिक दल ने पहला एनजैडसीसी राजस्थान ने दूसरा जबकि योगा प्रदर्शन दल ने तीसरा स्थान हासिल किया राज्यपाल ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे एट होम गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कल शिमला स्थित राजभवन में एट होम का आयोजन किया इसमें लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं समारोह में राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश व प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का एक अवसर पर है उन्होंने कहा कि ईमानदारी और समर्पण की भावना से देश की सेवा करना सभी का दायित्व है और समाज की बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली जानी चाहिए समारोह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाले भारत पर्व के चौथे संस्करण का दिल्ली के लालकिले पर आयोजन किया गया है पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशभक्ति का जोश उत्पन्न करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है

इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज हल्के बादल छाए हुए है पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों सहित मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है उधर बर्फबारी से विभिन्न जिलों में अवरूद्व हुए मार्गों को खोलने का कार्य युद्वस्तर पर जारी है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार किन्नौर जिले के अधिकतर भागों में विद्युत आपूर्ति बाधित है जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं शिमला जिला के रोहडू और चौपाल क्षेत्रों में सड़क और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है बर्फबारी के बाद जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे बना हुआ है